प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान समय में द्वनिया का कोई भी देश कोविड वैश्विक आपदा से अछता नहीं है प्रधानमंत्री ने विश्व के कई हिस्सों में नवाचार को बढावा देने वाले वैश्विक माहौल के विकास का आह्वान किया और कहा कि जिन स्थानों पर इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वहां भी इसे पहंचाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने यह बात आपदाओं को झेलने में सक्षम ब्नियादी ढांचा कायम करने के बारे में कल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से संबोधित करते हए कही आज के हालात को अभूतपूर्व बताते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी आपदा का सामना कर रहे हैं जो सैकडों वर्षो बाद आती है श्री मोदी ने कहा कि एक ओर जहां महामारी ने हमें बताया है कि किस तरह आपदाओं का असर तुरंत पूरे विश्व भर में फैल सकता है तो दूसरी ओर यह भी सिखाया है कि आपदा से संघर्ष के लिए किस तरह से एकजुट हुआ जाए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस के दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और ठोस काम करने की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में देश के सत्तर जिलों में कोविड के मामलों में डेढ सौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की खबर है कल राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आज हम जहां तक पहुंचे हैं और जो विश्वास उससे आया है उसे लापरवाही में नहीं बदला जाना चाहिए कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है ये आत्मविश्वास हमारा कॉनफिडेंस ऑवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है और कृष्ठ सावधानियां बरत करके कृष्ठ इनिशिएटिव ले करके हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं अच्छे प्रयोग हैं अच्छे इनिशिएटिव हैं कई राज्य द्रसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सिख भी रहे हैं लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है

श्री मोदी ने पिछले एक वर्ष से जारी टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट जांच संपर्क और उपचार के बारे में समान रूप से गंमीर होने पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वे छोटे कटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान केन्द्रित करें मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत थे कि कोविड महामारी के मामलों में बढोतरी को देखते हुए सावधानी बरतने और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के नये म्यूटेंट की पहचान करना भी आवश्यक है श्री मोदी ने आगाह किया कि कोविड टीके की कोई भी ख्राक बर्बाद नहीं होनी चाहिए मृख्यमंत्रियों ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जनवरी में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अमियान की शुरूआत से पहले मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विगत दिनों हई मंत्रिमंडल की बैठक में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि की व्यवस्था सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एयरपोर्ट के फेज वन और फेज ट् लिए एक हजार एक सौ पच्चासी हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण और पुनर्वासन प्रतिकर के लिए लगभग दो हजार आठ सौ नब्बे करोड़ रूपये के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई उत्तर प्रदेश पॉवर कार्परेशन और विद्युत निगमों द्वारा सात हजार करोड़ रूपये का अधिकतम ऋण प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गए एक अन्य निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार प्रदेश की सहरिया कोल और थारू श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सम्मिलित किया गया है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षो में प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में काफी कार्य किये है श्री शाही कल प्रदेश सरकार की चार साल की कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों पर लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि इस दौरान किसानों से छाछठ हजार पांच सौ सत्तावन करोड़ उन्तालीस लाख रूपये के धान और गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई उन्होंने बताया कि इस दौरान कुल सत्तर लाख से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में तेजी से लागू कर रही है और इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है वेसिक शिक्षा मंत्री ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में बताया कि प्रदेश में अगले सत्र से इसे पूरी तरह से प्राथमिक विद्यालयों में लागू कर दिया जायेगा भारत सरकार की नई शिक्षा नीति भारत को एक बार फिर से विश्व गुरू की प्रतिष्ठा दिलाने वाली नीति है और उस दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तत्परता से काम करना शुरू कर दिया टास्के फोर्स का गठन हो गया है अलग अलग शिक्षा विभागों की चेयरिंग कमेटी बन चुकी है और हम तेजी से प्रयास करे रहे हैं कि आगामी सत्र से नई शिक्षा नीति में जो प्रमुख बातें कही गई हैं प्री प्राइमरी की व्यवस्था व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात खेल की गतिविषियों को बढ़ावा देने की बात इंटर विसिस्लिनरी जो पाठ्यक्रम माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बनने हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने रिलायस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक नीता अंबानी के विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए आने की खबरों का खंडन किया है विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि विश्वविद्यालय के किसी भी विमाग द्वारा श्रीमती नीता अंबानी की विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति या विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने के संबंध में न तो अधिकारिक फैसला किया गया है और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है विज्ञप्ति में बताया गया है अनेक समाचार पत्रों में छपी ऐसी खबरों को देखते हुए ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे उन्होंने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप गांधी के निधन पर दुःख व्यक्त किया है ट्वीटर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गांधी को समुदाय की सेवा और गरीबों की सहायता के लिए याद किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री दिलीप गांधी के निधन पर गहरा शोक जताया है मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में मंडी के लोकसभा सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन पर भी गहरा दुःख व्यक्त किया है लखनऊ में कल खेले गए आखिरी एक दिवसीय महिला क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने भारत को पांच विकेट से हराकर पांच एक दिवसीय मैचों की श्रंखला चार एक से जीत ली भारतीय महिला टीम ने पहले खेलते हुये उन्चास दशमलव तीन ओवर में एक सौ अट्ठासी रन बनाए